म्ख्यमंत्री ने आज वाराणसी में विदेश मंत्री श्रीमती स्षमा स्वराज से भैंट के दौरान ये जानकारी उस समय दी जब विदेश मंत्री ने हरियाणा में सक्रिय ऐसे ऐजेंटों का जिक्र किया जो बिना वीज़ा अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेज देते है म्ख्यमंत्री ने विदेश मंत्री से अन्रोध किया कि वे हरियाणा के श्रद्वाल्ओं को पाकिस्तान स्थित ग्रूद्वारा करतारप्र साहिब के दर्शन कराने मे सहायता करे श्रीमती स्वराज ने उन्हें इस मामले में मंत्रालय से हरसभंव मदद का आश्वासन दिया और कहा कि इसके लिये सभी औपचारिकतायें प्राथमिकता के आधार पर पुरी जायेंगी विदेश मंत्री दवारा विदेश मंत्री ने राज्यों में निवेश को लेकर अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में गठित सेल को जिक्र करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस सेल के जरिये हरियाणा में निवेश को बढ़ावा देने की संभावनाओं को तलाशा जायेगा उन्होंने कहा कि इकोनोमी डिप्लोमैसी को बढ़ावा देने के लिये हरियाणा विदेश मंत्रालय का पूरा सहायोग करेगा केन्द्रीय खेल राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने भी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल से मुलाकात कर विभिन्न मुददों पर चर्चा की और हरियाणा सहित प्रे देश में खिलाड्रियों और खेल का दी जा रही स्विधाओं बारे विचार विमर्श किया इसके बाद म्ख्यमंत्री ने एनआरआई उद्योगपतियों से म्लाकात की अमेरिका के उद्योगपति स्श्री प्रियाटंडन ने बातचीत दौरान मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी कंपनी करनाल में बने रहे कल्पना चावला मेडिकल विश्वविदयालय के साथ मिलकर अत्याध्निक तकनीक आधारित मशीनों का प्रयोग बेहतरीन स्विधायें देगी और ऐसी व्यवस्था करेगी कि किसी भी मरीज़ या उसके परिजन को लाइन मे न लगना पड़े मुख्यमंत्री ने कृवैत और पोलैंड से आये अन्य निवेशकों से भी मुलाकात की रक्षा राज्य मंत्री स्भाष भामरे ने आज कहा है कि भारत की आर्थिक समृद्वि तीव्र शहरीकरण के साथ मिलकर आग जैसे खतरों से लड़ने के लिये व्यापक स्रक्षा की मांग करती है नई दिल्ली में अग्नि में अग्नि स्रक्षा प्रौदयोगिकी व सेवाओं विषय पर एक कार्यशाला को संम्बोधित करते हये मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटीज के विकास के साथ स्रक्षा और अग्नि स्रक्षा उपकरणों की भारी मांग होगी उन्होंने कहा कि आग को कम करने का सबसे अच्छा तरीका उसके संभावित खतरों को समझना है और इसकी रोकथाम के उपाय करना है श्री भामरे ने कहा कि रक्षा मंत्रालय के लिये अग्नि सुरक्षा पर डीआरडीओ दवारा विकसित तकनीक को सिविल क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है और इस पूर्ण दोहन की संभावना है उत्तरप्रदेश प्रदेश के प्रयागराज में आज पौष पूर्णिमा पर कृंभ का दूसरा म्ख्य स्नान हो रहा है मेला प्रशासन ने स्नान पर्व के स्चारू संचालन के लिये व्यापक सुरक्षा तथा अन्य प्रबंध किये है बड़ी संख्या में श्रदवालु और कल्पवासी कल से मेला क्षेत्र पहुंच रहे है उन्चास दिनों का कुंभ मेला पिछले सप्ताह मंगलवार को सवा करोड़ श्रद्वाल्ओं के पहले शाही स्नान के साथ श्रू हआ था स्नान के लिये कुल मुख्य छ दिन निर्धारित है जिनमें तीन शाही स्नान शामिल है अगले दो शाही स्नान चार फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन तथा द्रसरा दस फरवरी को बंसत पंचमी के दिन होना है

ग्रूग्राम मे बनी यह लैब देश की पहली ऐसी लैब है जिसमें मूक व बधिर बच्चों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसके सहारे ये बच्चे देश की सबसे बड़ी सर्विस आईएएस आईपीएस की परीक्षा भी दे सकेंगे

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया है उन्होंने यह नहीं कहा था कि जींद विधानसभा उपच्नाव का प्रभाव इसी वर्ष होने वाले लोकसभा और विधानसभा च्नावों पर अवश्य पड़ेगा इसलिये जींद उप च्नाव जीतना भाजपा के लिये जरूरी है कल गांधी नगर में एक पत्रकार द्वारा इस बारे पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण देते हये कहा कि विपक्ष ने मेरे ब्यान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है

मैने कहा था कि जींद उप च्नाव लोकसभा और विधानसभा च्नावों के लिये एक इंडीकेटर होगा जिसका प्रभाव आगामी च्नावों पर अवश्य पड़ेगा

काबिलेगौर है कि पाकिस्तान सीमापर देश की पहली आइपीसी पर सीमा स्रक्षा बल ने सीमा की स्रक्षा के लिये चार कंपनियां तैनात की है जिनमें चार सौ के करीब जवान व अधिकारी डयूटी करते है

इसके लिये स्वास्थ्य महानिदेशक को निर्देश दिये गये है उन्होंने बताया कि स्वाईन फ्लू से राज्य के अस्पतालों में आठ लोगों की मृत्यू होने की सूना है पर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों मे दिये जा रहे उपचार के फलरूवरूप किसी मरीज़ की मौत नहीं हुई है

प्रदेश के सभी अस्पतालों मे सम्चित दवायें जांच उपकरण व अन्य सुविधायें उपलब्ध रखने के निर्देश दिये है प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत अब सभी गरीब परिवारों को रसोई गैस कनैक्शन उपलब्ध कराये जा रहे है

गैस पर खर्च होने वाली राशि भी सरकार द्वारा वहन की जा रही है पंचक्ला के उपय्क्त म्क्ल क्मार ने बताया कि गैस कनैक्शन के लिये संबद्ध परिवार को लोन की स्विधा भी दी गई है पलवले में सोम को बारिश होने से मौसम बदल गया है और ठंड बढ़ गई है ये बारिश किसानों के लिये बहृत फायदेमंद साबित होगी विशेषकर गेहं की फसल के लिये इस बारिश को अच्छा माना जा रहा है